प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से साझा करेंगे विचार थाईलैंड ओपन अतंर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता में सुदंरनगर के आशीष चौधरी ने स्वर्ण पदक जीता

नई दरें एक अगस्त से लागू होंगी जीएसटी परिषद ने स्थानीय उपयोग में लाई जाने वाली इलेक्ट्रिक बसों को जीएसटी के दायरे से बाहर रखने को भी मंजूरी दे दी है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक की

उन्होंने कहा कि जीएस टी की दरों में कमी की वजह से इलैक्ट्रिक वाहन उद्योगों को व्यापक बढ़ावा मिलेगा मुख्यमंत्री ने कहा कि इलैक्ट्रिक वाहनों के उपयोग से ईंघन के आयात पर निर्भरता कम होगी और पर्यावरण सरंक्षण में भी सहायता मिलेगी जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार प्रसिद्ध पर्यटक स्थल मनाली में पहले से ही ऐसे वाहन चला रही है

राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा आज इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है

विधानसभा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने सभी सदस्यों से सदन के संचालन में सहयोग देने और जनहित के मुददों पर चर्चा में भाग लेने का आग्रह किया है महेन्द्र सिंह सिंचाई व जनस्वास्थ्य मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने जल संरक्षण के तहत प्राकृतिक जल स्रोतों की सफाई के प्रदेश व्यापी अभियान का आज मंडी जिले के धर्मपुर से शुभारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने प्राकृतिक स्रोतों के रख रखाव व स्वच्छता पर ज़ोर देते हुए कहा कि इससे आने वाले समय में जल संकट से बचा जा सकता है महेन्द्र सिंह ठाकुर ने कहा कि जल स्रोतों के संरक्षण व रख रखाव के लिए जन भागीदारी ज़रूरी है ताकि इन्हें लंबे समय तक जीवंत रखा जा सके उन्होंने कहा कि अभियान के तहत प्रदेशभर में लोगों को प्राकृतिक जल स्रोतों की स्वच्छता व संरक्षण के प्रति जागरूक किया जाएगा सुरेश भारद्वाज शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने कहा है कि प्रदेश में विद्यार्थियों को गुणात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए अनेक नई योजनाएं शुरू की गई हैं

शिक्षा मंत्री ने गुणात्मक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के गठन को ज़रूरी बताया भारद्वाज ने स्कूलों कॉलेजों में रोज़गारोन्मुखी और तकनीक आधारित शिक्षा देने पर भी बल दिया उन्होंने बताया कि शिक्षा को लेकर हिमालयी राज्यों के लिए अलग से नीति बनाने का सुझाव है इसके लिए जल्द ही एक सैमीनार आयोजित किया जाएगा जिसमें इन राज्यों के शिक्षा मंत्रियों सचिवों और शिक्षाविदों से चर्चा की जाएगी प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की सराहना करते हुए सुरेश भारद्वाज ने कहा कि ये देश का पहला बोर्ड है जहां सभी परीक्षा केन्द्रों में नकल रोकने के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं बोर्ड के अध्यक्ष सुरेश कुमार सोनी ने भी शिक्षा नीति पर विस्तृत जानकारी दी अनुराग केन्द्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि किसी भी राज्य के विकास के लिए बेहतर कनेक्टिविटी होना बेहद ज़रूरी है एक बयान में उन्होंने कहा कि सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र के कक्कड़ से बाकर खड्ड तक सड़क और ढमियाना बनाल में पुल के लिए नाबार्ड से धनराशि मंजूर की जा चुकी है अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में रेलवे और सड़क नेटवर्क को बढ़ावा देना अपनी प्राथमिकता बताया है

गौरतलब है कि इस अभियान के लिए मंडी जिले को एक साल के भीतर मिलने वाला ये दूसरा राष्ट्रीय पुरस्कार है इससे पहले ज़िले को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में प्रभावी सामुदायिक सहभागिता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा जा चुका है

यह प्रसारण आकाशवाणी दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा आकाशवाणी और दूरदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी मन की बात का सीधा प्रसारण किया जाएगा इसे आकाशवाणी की वेबसाइट डबल्यू डबल्यू डबल्यू डॉट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन तथा न्यूज ऑन ए आई आर डॉट एन आई सी डॉट इन पर भी सुना जा सकता है भेंट राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भेंट की ये एक शिष्टाचार भेंट थी इस दौरान राज्यपाल ने प्रधानमंत्री के साथ हिमाचल में शिक्षा स्वास्थ्य पर्यावरण संरक्षण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास के संबंध में चर्चा की प्रधानमंत्री ने कलराज मिश्र को हिमाचल के राज्यपाल के रूप में मिली नई ज़िम्मेदारी के लिए बधाई दी वीरेन्द्र कंवर ग्रामीण विकास व पशुपालन मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने कहा है कि ऊना ज़िले में कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के बरनोह डंगेड़ा में एक बड़े पशु अस्पताल का निर्माण किया जाएगा बंगाणा में कृषक बकरी पालन परियोजना के तहत किसानों के लिए आयोजित प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ करने के बाद आज उन्होंने ये बात कही वीरेन्द्र कंवर ने कहा कि प्रदेश के सभी खंड स्तरीय पशु चिकित्सालयों में आधारभूत ढांचा मज़बूत बनाने पर बल दिया जा रहा है

उन्होंने कहा कि इससे ज़िले में स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने के साथ साथ मरीज़ों को विशेषज्ञ उपचार सुविधा भी प्राप्त हुई है गोविंद ठाकुर ने कहा कि अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति से कुल्लू के अलावा लाहौल और पांगी के लोगों को भी लाभ मिलेगा बिकम सिंह उद्योग मंत्री बिक्रम ठाकुर ने कहा है कि हिमाचल को निवेश की दृष्टि से देश में सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाया जाएगा सोलन ज़िले के बद्दी में आज बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ औद्योगिक संघ के साथ आयोजित परस्पर संवाद में उन्होंने ये बात कही

आज हुए फाईनल मुकाबले में उन्होंने कोरिया के बॉक्सर को हराकर स्वर्ण पदक जीता मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आशीष चौधरी की इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से देश व प्रदेश का सम्मान बढ़ाया है खेल मंत्री गोविंद ठाकुर ने भी इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए आशीष चौधरी और हिमाचल बॉक्सिंग संघ को बधाई दी है कर्मचारी संगठन हिमाचल परिवहन तकनीकी कर्मचारी संगठन ने पीस मील कर्मचारियों को एक मुश्त अनुबंध पर लाने और भर्ती व पदोन्नति नियमों में संशोधन करने की सरकार से मांग की है